आज जयपुर में इस अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रिवेटिव हैल्थ का इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है जो लोगों को फिट रहने और उचित उपचार के लिए प्रेरित करेगा उन्होंने इसके लिए जल्द ही एक हैल्पलाइन शुरू करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करवाएगी श्री गहलोत ने बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सितम्बर से पहले इनका निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये

इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में इस मिशन के उद्देश्यों के बारे में बताया

वे आज हैदराबाद में मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र की मीडिया इकाईयों के अधिकारियों के दो दिन के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे इससे पहले सुचना प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने बदलते समय में विषयवार संचार की आवश्यकता पर जोर दिया इस अवसर पर आकाशवाणी और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने प्रभावी प्रचार अभियानों के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करने को कहा

श्री मेघवाल ने आज नागौर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और पीड़ितों पर दबाव बना रही है इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिले के खींवसर के करणु गांव पहुंच कर पुलिस से इस मामले में पुरी जानकारी ली उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये उधर बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करने तथा अमानवीय कृत्य के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है

उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेन्स की नीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में परिवहन विभाग में सरकार द्वारा कार्यवाही की गई

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में मारे गए लोग जीप में सवार थे जो सत्संग में भाग लेकर अपने गांव लौट रहे थे हादसे में घायल हुई एक बालिका का रावतसर के अस्पताल में ईलाज चल रहा है

आज सुबह से ही राज्य के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड लगी हुई है

झालावाड़ जिले के झालरापाटन में राज्य के सबसे प्राचीन चन्द्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रृद्वालुओं की भीड़ लगी हुई है उधर सवाईमाधोपुर के शिवाड में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में इस मौके पर आकर्षक सजावट की गई है बाड़मेर में गणेश्वर मंदिर में शिव पार्वती विवाह सम्पन्न हुआ मारवाड़ के कैलाश माने जाने वाले गोयनेश्वर पहाड़ पर आज से तीन दिन तक दियों से रोशर्नी की जा रही है वहीं उदयपुर में एकलिंग महादेव परिसर में मेला आयोजित हो रहा है